मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है

करीब दो किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है बीते कुछ वर्षो में भारत बांग्लोदेश के बीच लैंड रेल और वॉटर कनेक्टिविटी के लिए जो हम जो थे जमीन पर उतरे हैं इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं इससे त्रिपुरा को साथ साथ दक्षिणी असम मिजोरम मणिपुर की बांग्लागदेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्तस होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास न होने और पिछड़े पन के लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसके चलते प्रदेश का यह भाग विकास की दौड़ में पिछड़ गया मुख्यमंत्री आज झांसी में बुदेलखंड मंडल के लिये एक हजार सात सौ करोड़ रूपये की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिये पूरी तरह पप्रयासरत है और यहां विभिन्न विकासपरक योजनाओं की शुरूआत की है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया एक रिपोर्ट रानी झांसी की कर्मभूमि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं का पिटारा खोलकर बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया तो वहीं किसान आंदोलन पर सियासत करने वालों को आड़े हाथ लिया और लाभार्थी परक योजनाओं के प्रमाण पत्रों का वितरण किया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भरपूरा में हर घर जल परियोजना व झांसी नगर निगम में बन रहे कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और आयुक्त सभागार में विकास कार्यों जल जीवन मिशन अमृत योजना स्मार्ट सिटी स्वामित्व योजना आईजीआरएस पीएम सम्मान निधि आदि की व कानून व्यवस्था की समीक्षा की विकास कुमार आकाशवाणी समाचार झांसी मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरिडोर हर घर जल योजना बिजली संयंत्र तथा अन्य योजनायें बुंदेलखंड की सूरत बदल देंगे उन्होंने किसान आंदोलन पर विपक्ष को कटघरे में रखते हुए कहा कि जिन्हें देश की खुशहाली समृद्वी और सुरक्षा अच्छी नहीं लगती वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति का उददेश्य हर छात्र में सकारात्मक सोच तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करके उनमें अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है

उन्हाने विश्वविद्यालयों से वैश्विक स्तर पर अपनी उपलब्धियों से विशिष्ट पहचान बनाने का आहवान किया राज्यपाल ने कहा कि छात्रों के कौशल विकास कि दिशा में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अग्रणी भूमिका निभायें इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि भारत एक युवा देश है तथा हम सब को प्रयास और स्पर्धा कर नई तकनीकि के साथ आगे बढ़ना है केन्द्र सरकार ने कहा है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया तीन किस्तें इस वर्ष पहली जुलाई से देय किस्त में जोड कर दी जायेंगी

उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की संशोधित संचित दरों में बकाया दरें शामिल कर दी जायेंगी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

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले तीन सालों में सभी घरों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगा दिये जायेंगे जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से उपभोक्ता जितना युनिट बिजली की खपत करेंगे उनकों उतना ही धन खर्च करना होगा

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मोबाइल की तज पर घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे

प्रीपेड मीटर में जैसे आज मोबाइल का बिल देते हैं उसी तरह से प्रीपेड जो मीटर है उसका भी आप बिल आसानी से जमा कर सकेंगे जैसे अपने मोबाइल का बिल जमा करते है तो उपभोक्ताओं को आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं होगी इसकी शुरूआत हम लोगों ने कर दी है और आने वाले तीन साल में उत्तर प्रदेश में सभी घरों में प्रीपेड मीटर हम लोग लगायेंगे जिससे कि उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो और जब वह घर से बाहर जायें तो उनका पैसा नहीं लगेगा जितना यूनिट वह कंज्यूम करेंगे उतना ही उनको पैसा देना पड़ेगा

मानसून सत्र और बजट सत्र के पहले चरण के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग समय पर संचालित की गई

दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी सुबह कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा के सदस्य सदन के दोनो सदनों और दीर्घाओं में बैठते थे वहीं शाम को लोकसभा में बैठने की इसी व्यरवस्था का पालन होता था

अब जब दोनों सदनों में सामान्य को बहाल कर दिया गया है सदनों में मौजूद सदस्यों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के समूचित उपाए किए गए हैं दोनों सदनों में सदस्य अपने अपने सदनों और दीर्घाओं में सुरक्षित दूरी पर बैठे हैं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए संसद भवन परिसर के विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर पॉइंट बनाए गए हैं संसद में विपक्षी सदस्यों द्वारा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है

कांग्रेस वाम दल डीएमके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना और अन्य दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिर सदन के बीचोंबीच आ गए इस कारण कार्यवाही दो बजे तक के लिए और फिर दिनभर के लिए स्थगित करनी पडो

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार कल घोषित संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य जेईई मेन्स के परिणामों में छह उम्मीदवारों ने हंडरेड पर्सनटाइल हासिल किये हैं ये हैं दिल्ली के प्रवर कटारिया और रंजिम प्रबल दास गुजरात के अनंत कृष्ण किदांबी महाराष्ट्र के सिद्धांत मुखर्जा चंडीगढ़ के गुरमिरत सिंह और राजस्थान के साकेत झा

इस वर्ष से यह परीक्षा वर्ष में चार बार आयोजित की जायेगी ताकि विद्यार्थियों को अपने अंक सुधारने का और मौका मिल सके